बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और अधिकतर जिलों में तापमान माईनस में रिकॉर्ड किया गया

बर्फबारी से लाहौल स्पिति किन्नौर कल्लू चंबा और शिमला जिले के अधिकतर स्थानों में यातायात पेयजल व विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चंबा जिला प्रशासन द्वारा बर्फबारी से अवरूद्द चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग को बहाल करने का कार्य किया जा रहा है चंबा के एसडीएम शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में बारिश व बर्फबारी से अवरूद्व अधिकतर अंदरूनी मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज सोलन सब्जी व फल मंडी में आयोजित किसान मेले में ये बात कही

मारकंडा ने बताया कि सोलन में जल्द ही टमाटर पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है

मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने शिक्षा विभाग को मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं

मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत डबल फोर्टिफाईड नमक और विटामिन ए और डी युक्त तेल के उपयोग का परामर्श दिया है

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल नई दिल्ली में हुई बैठक में बजट सत्र को दो चरणों में बुलाने की सिफारिश की है

यह दिन भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान के लिए हर वर्ष मनाया जाता है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनमंच कार्यक्रम के बहाने मंत्री अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के कार्यों को जानबूझ कर समय पर पूरा नहीं किया जा रहा